नीति आयोग अगले तीन वर्ष में विकसित करेगा एक हजार रर्बन समूह

कार्यषाला में वन अधिकार अधिनियम दो हजार छह को प्रभावी तरीके से लागू करने पर चर्चा की जा रही है इस अवसर पर कल्याण विभाग की सचिव हिमानी पांडेय डॉक्टर रामदयाल मुंडा ट्राईबल रिसर्च संस्थान के निदेषक रणेंद्र समेत वन और कल्याण विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद हैं

मिशन के अंतर्गत समयबद्ध रूप से तीन सौ शहरीकृत ग्राम समूह विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है इस मिशन की सफलता से प्रेरित होकर नीति आयोग ने हाल ही में प्रस्ताव किया है कि अगले तीन वर्षो में यह कार्यक्रम एक हजार ग्राम समुहों तक ले जाया जाएगा

जिसमें चतरा जिले के टंडवा प्रखंड का सरादू क्लस्टर भी शामिल है

केन्द्र सरकार ने जिला प्रशासन के समेकित क्लस्टर कार्य योजनाओ को मंजूरी दे दी है

उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय झारखंड के मजदूरों की मदद करे जिससे उन सभी की वतन वापसी हो और ये मजदूर अपने परिवार के लोगों से मिल सकें उन्होंने विदेश मंत्रालय से झारखण्ड के मजदूरो का शोषण करने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया धनबाद जिले के विभिन्न प्रखण्डों में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के साथ समस्याओं के निदान के अवसर मिल रहे हैं

इसी क्रम में खूंटी मुरह अड़की और तोरपा प्रखंड के सुदूरवर्ती इलाकों की महिलाओं को तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया गया बिहार से आये प्रशिक्षक ने मशरूम उत्पादन की पूरी विधि लिखित मौखिक और प्रायोगिक तरीके से सिखाया

केंद्र सरकार ने राज्यों को वस्तु और सेवा कर प्रतिपूर्ति के रूप में उन्नीस हजार नौ सौ पचास करोड़ रुपये जारी किए हैं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

आज महाशिवरात्रि है पूरे देश में ये पर्व परम्परागत आस्था के साथ मनाया जा रहा है राज्यभर के षिवालयों में भी श्रद्धालु सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं देवघर के बाबा मंदिर और रांची की पहाड़ी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है

श्रद्वालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं महाषिवरात्रि पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने देशवासियों को बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के बीच मंगलवार को शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान रक्षा सुरक्षा और व्यापार पर मुख्य रूप से चर्चा होने की आशा है

उन्होंने बताया कि वार्ता के दौरान पांच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने की आशा है रवीश कुमार ने विश्वास व्यक्त किया कि अमरीकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा तथा वैश्विक रणनीतिक सम्बंधों को और मजबूत करने का अवसर मिलेगा

भारत ने चीन के लिए चिकित्सा सामग्री की खेप रवाना की है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि चीन के लिए सहायता सामग्री ले जा रहा ये विमान वापसी में उन भारतीय नागरिकों को लाएगा जो पहले भेजे दो विमानों से नहीं आ पाए थे

आज अंतराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है मातृभाषा दिवस से पहले कल नई दिल्ली में मानव संसाधन विकास मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश कौ समृद्ध भाषाई विरासत के संरक्षण पर जोर दिया

उप राष्ट्रपति ने कहा कि रोजगार हासिल करने के लिए भारतीय भाषाओं का ज्ञान अनिवार्य किया जाना चाहिए उन्होंने साथ ही कहा कि बच्चों को स्कूलों में मातुभाषा में ही शिक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए इस साल मनाए जा रहे मातृभाषा दिवस के लिए यूनेस्को की थीम है सीमाओं से परे भाषा सिडनी में आईसीसी ट्वेंटी ट्वेंटी महिला विश्व कप की आज से शुरूआत हो रही है पहले मैच में आज भारतीय समयानुसार दोपहर डेढ़ बजे भारत का मुकाबला मौजूदा चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया से होगा